और प्रदेश में कल बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है

राजधानी देहराद्रन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही गांधी पार्क में आतंकवाद के खिलाफ धरना दिया भाजपा के धरना और श्रद्वांजलि कार्यक्रम के दौरान जहां शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि सेना जवानों की शहादत का बदला लेकर रहेगी उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता उन्होंने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट की शहादत पर भी शोक जताया हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज देश के हर हिस्से में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर जम्मू से सेना के विशेष विमान से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा यहां से सेना के हेलीकॉप्टर से पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल देहराद्रन लाया गया

सोमवार दोपहर को पार्थिव शरीर को सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ शहीद के घर लाया जाएगा उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा जम्मू कश्मीर में तैनात मेजर चित्रेश बिष्ट राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास जांच के लिए जा रहे थे इस दौरान वहां लगाए गए आइईडी को डिफ्यूज करते वक्त विस्फोट हो गया जिसमें वो शहीद हो गए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मेजर चित्रेश बिष्ट की शहादत पर द्ख जताते हुए श्रद्वांजलि दी मूलरूप से अल्मोड़ा जिले के पिपली निवासी मेजर चित्रेश बिष्ट का परिवार देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रहता है उनके पिता एसएस बिष्ट रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं चित्रेश की सात मार्च को शादी होनी थी इसके लिए कार्ड भी छप चुके थे चित्रेश के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई

देश का हर व्यक्ति शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है आंतकी घटना के विरोध में दून गढ़वाल टैक्सी यूनियन ने आज प्ररे दिन टैक्सियों का संचालन बंद रखा टैक्सी यूनियन के इस बंद को पर्वतीय टैक्सी महासंघ के अलावा सभी टैक्सी यूनियनों ने समर्थन दिया दून गढ़वाल टैक्सी यूनियन के सचिव सत्यदेव उनियाल ने कहा पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के शहादत से पूरा देश हिल गया है उन्होंने कहा कि घटना को लेकर हर तरफ आक्रोश है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे की आतंकी संगठन सबक ले सकें पहाड़ की लाइफ लाइन मानी जाने वाली टैक्सी सेवा के बंद के चलते गढवाल के टिहरी पौड़ी चमोली गोपेश्वर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग श्रीनगर और उत्तरकाशी जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत के वीर ट्रस्ट केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिवारों के लिए भारत के वीर ट्रस्ट में आम आदमी स्वेच्छा से सहयोग कर सकता है अर्धसैनिक बल में सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस एन डी आर एफ एन एस जी एस एस बी और असम राइफल्स शामिल हैं इस फंड के संचालन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कमेटी गठित की गई है जिसमें केंद्रीय बल के महानिदेशक शामिल हैं जो इस कोष का प्रबंधन कर रहे हैं

गृह मंत्रालय ने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया है हालांकि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सहयोग की पहल की वजह से वेबसाइट की गति प्रभावित होने की खबर है सरकारी सूचना में लोगों को सलाह दी गई है कि वे शहीदों की मदद के लिए भारत के वीर डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ही केवल सहयोग राशि प्रदान करे सहयोग राशि को आयकर से मुक्त रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस देश की पहली सेमी हाईस्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक परिचालन आज से शुरू हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी आठ घंटे में तय करेगी यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज स्टेंशनों पर भी रूकेगी इस रेलगाड़ी की अंगले दो सप्ताह की टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण भारत में ही किया गया है सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन इस ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध होंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया था

आज उधमसिंह नगर स्प्रिंग कार्निवाल के अंतर्गत हरिपुरा बौर जलाशय में नेशनल जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में साहसिक जल क्रीड़ा को प्रोत्साहित कर रही है इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं कार्यक्रम का शुभारंभ सादे समारोह में हुआ इस दौरान सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुये जवानों और राजौरी में शहीद हय मेजर चित्रेश बिष्ट की आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई

मौसम मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है आज पहाड़ी जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहे

मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं उत्तराखंड समिट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है कल रुद्रपुर में प्रवासी उत्तराखण्ड समिट में मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडवासी हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के वाहक ही नहीं हैं बल्कि स्टेट एसेट की तरह हैं उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को साल में एक बार अपने गांव आने के लिए प्रेरित करते हुए प्रदेश के आर्थिक तरक्की में भी सहयोगी बनने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास के लिए निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाया गया है मैदानों में बडे उद्योगों की स्थापना हो रही है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे और लघु उद्योंगों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है उन्होंने राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी पर खुशी जताई लेकिन इस बात को भी माना कि प्रति व्यक्ति आय में मैदानी जिलों और पहाड़ी जिलों में बहुत फर्क है जिसे पाटने की कोशिश की जा रही है प्रवासी उत्तराखण्ड समिट में विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित लगभग चार सौ पिचासी करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किये गये

इस मौके पर मुख्य अतिथि केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर जीवन सिंह राठौड़ ने नवसैनिकों को रेजिमेंट और देश का सिर ऊंचा रखने का आह्वान किया साथ ही उन वीर परिवारों को सैल्यूट किया जिन्होंने अपने सपूत देश की सेवा के लिए सौंपे हैं

प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर राठौड़ ने पदक से सम्मानित किया वहीं केआरसी की सैन्य परंपरा के मुताबिक नवसैनिकों के परिजनों को गौरव सेनानी मेडल से सम्मानित किया गया हिलांस मेला चमोली चमोली में दो दिवसीय हिलांस कृषि मेले का आज से श्भारम्भ हो गया है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगाये गए इस मेले के पहले दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी मेले में लगे स्टालों पर ग्रामीणों को कृषि बागवानी पश्पालन मस्त्यपालन आदि से जुड़ी जानकारियां दी गई ग्रामीणों को सब्सिडी पर आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराये गये मेले में स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार उत्पादों की बिक्री भी हुई

मेले में चमोली की स्वीप टीम ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा सरकार के चौथे एग्री लीडरशिप समिट में डिजिटल किसान मंच का शुभारंभ किया सम्मेलन में पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत किया गया